न् राजधानी रांची के कांके के संग्रामपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दृष्कर्म के मामले पर आज आएगा फैसला

भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में किये गये हमले की आज पहली वर्षगांठ है इस अवसर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का एक वर्ष पूरा होने पर रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादी प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्वाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्व की गई सफल कार्रवाई थी भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में किये गये हमले की आज पहली वर्षगांठ है इस दिन भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस कर दुष्मनों के ठिकानों पर हमला किया था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने आपसी विश्वास साझा हित और भरोसे पर आधारित भारत अमरीका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया है कल देर शाम जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं र्न समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी जागरुकता और सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अपाचे हेलिकाप्टर खरीदने के भारत के हाल के निर्णय का स्वागत किया है भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़ी नई क्षमताएं हासिल करने का प्रयास कर रहा है और इसे देखते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा देने की प्रतिबद्धता दिखाई है

प्रधानमंत्री मोदी ने श्री ट्रम्प की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है भारत आने के लिए श्री ट्रम्प के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि जहां तक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात है उन्होंने और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस दिशा में व्यापक क्षेत्रों को कवर किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका की मैत्री दोनों देशों और पूरे विश्व के लोगों के लिए लाभकारी है

उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा के मद्देनजर सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए कल एक परामर्श जारी किया इसमें सलाह दी गई है कि वे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण में सावधानी बरतें और ऐसी कोई विषय वस्तु प्रसारित न करें जो हिंसा भड़काने वाली अथवा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा डालने वाली हो या जिससे राष्ट्र विरोधी धारणा को बढावा मिलता हो राजधानी रांची के कांके के संग्रामपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ पिछले वर्ष नवंबर में हए दृष्कर्म के मामले पर आज फैसला आएगा गौरतलब है कि घटना के कुछ दिन बाद ही उच्च न्यायालय र्न मामले में संज्ञान लेकर स्पीडी ट्रायल का आदेष दिया था रांची पुलिस ने इस मामले में तत्परता से जांच कर चार्जपीट दाखिल किया था

मामले की सुनवाई प्रधान न्यायायुक्त नवनीत की अदालत में चल रही है राष्ट्रपति डॉ रामनाथ कोविंद अठाईस फरवरी को झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रांची आने वाले हैं वे रांची के चेरी मनातु रिथत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के साथ यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी करेंगे इसके अगले दिन राष्ट्रपति गुमला और देवघर का दौरा करेंगे राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रषासन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास माइनिंग वर्क पर रोक लगा दी है इस संबंध में कल समाहरणालय सभागार में उपायुक्त महिमापत रे ने समीक्षा बैठक की उपायुक्त ने राष्ट्रपति के आगमन के दौरान व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सीय व्यवस्था पेयजल और बिजली व्यवस्था अग्निषमन व्यवस्था सहित मार्गो की साफ सफाई का भी आदेष दिया है अखिल भारतीय तीन दिवसीय हड़ताल को लेकर बैंक कर्मी आज शाम साढ़े पांच बजे राजधानी रांची स्थित राजभवन के पास प्रदर्षन करेंगे प्रदर्षन में बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहेंगे तीन दिवसीय देषव्यापी हडताल ग्यारह मार्च से होगा

श्री भोक्ता जिले के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रतापपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रतापपुर प्रखंड के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा

भुवनेष्वर के किटस विष्वविद्यालय में चल रहे खेलो इंडिया विष्वविद्यालय गेम्स में कल रांची विष्वविद्यालय की बबिता कमारी ने तीरंदाजी के कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है वहीं रांची विष्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम सेमिफाइनल में पहुंच गई है रांची विष्वविद्यालय की यह लगातार तीसरी जीत है रांची विष्वविद्यालय ने पूल के अंतिम मैच में मैंगलूर विष्वविद्यालय को पांच एक से पराजित किया